मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने का आहवान किया है उन्होंने उम्मीद जताई कि इन च्नावों में ऐतिहासिक मतदान होगा पदम पुरस्कार राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे

अभिनेता स्वर्गीय कादर खान अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींढसा और जाने माने पत्रकार स्वर्गीय कुलदीप नैय्यर पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची में प्रमुख रूप से शामिल हैं कादर खान को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा जबकि कुलदीप नय्यर को मरणोपरांत पद्मभूषण से सम्मानित किया जाएगा हिमाचल के भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अजय ठाक्र को भी पदमश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य गण्यमान्य लोगों के इस समारोह में हिस्सा लेने की उम्मीद है

राज्यपाल आचार्य देवव्रत सात दिवसीय इस उत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे राज्यपाल राज देवता माधव राय की अंतिम जलेब में भी हिस्सा लेंगे प्रशासन ने मेले के समापन अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किये हैं इस बीच जलेब की समाप्ति तक मंडी शहर में विक्टोरिया पुल से वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी

देव आस्था के इस महाकुंभ में लाखों लोगों ने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया और देव मिलन के अद्भुत नजारे के गवाह बने मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं बीते दो दिन मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि न्यूनतम तापमान में सामान्य से एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी आई है

विभाग ने उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं हिमपात की संभावना भी जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा से जुड़ी खबर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिये हुए है

जबकि अजीत समाचार लिखता है चूनावी युद्धनाद

मौसम से जुड़ी खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में आज ओलावृष्टि की चेतावनी दैनिक जागरण की सुर्खी है आज व कल बर्फबारी बारिश की चेतावनी

वहीं हिमाचल दस्तक ने लिखा है आज से फिर बदलेंगे मौसम के तेवर प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बारिश व बर्फबारी की सम्भावना